अपर सियांग जिले के यिंगकियोंग में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी टीम अरुणाचल के रुप में प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में सक्रिय रुप से कार्य कर रहे है

मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी स्थायी कर्मचारियों ने को यह भत्ता दिये जाने से राजकीय कोष पर एक सौ सत्ताईस करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में करीब छाछठ हजार नियमित सरकारी कर्मचारी है मुख्यमंत्री ने आज अपर सियांग जिले के रामसींग में निर्माणाधीन वी के वी स्कूल का निरीक्षण किया उन्होंने आगामी वित्त वर्ष में विद्यालय में शिक्षक कर्मचारी आवास चारदीवारी साईंस लैब ऑडिटोरियम सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त आठ करोड़ रुपए मंजूर करने का आश्वासन दिया शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयास की जानकारी देते हुए श्री खांडू ने बताया कि क्रुंग कुमे दिवांग वैली नामसाई अपर सुबनसिरी अंजाव वेस्ट सियांग और अपर सियांग जिले के लिए एक एक केंद्रीय विद्यालय मंजूर किये गए है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने असम के तेजपुर विश्वविद्यालय में एक भारत श्रेष्ट भारत एन सी सी शिविर को संबोधित किया उन्होंने एन सी सी कैडेटो से देश सेवा के लिए नेतृत्व क्षमता का विकास करने और भारतीय सेना में शामिल होने पर जोर दिया राज्यपाल ने कहा कि युवा छात्रों में नेशन फर्स्ट राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को विकसित करने में एन सी सी एक महत्वपूर्ण संस्थान है उन्होंने छात्रों को आत्मसम्मान की भावना और पढ़ाई पर ध्यान देने का सुझाव दिया विश्वविद्यालय परिषर में एक से बारह जनवरी तक आयोजित एन सी सी की इस शिविर में कुल छह सौ कैडेट हिस्सा ले रहे है जिसमें उत्तर प्रदेश के सौ कैडेट सहित सभी आठो राज्यों के युवा शामिल है छोटे कारोबार को राहत देने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाकर परिषद ने आज निर्णय लिया कि पूर्वोत्तर को छोड़कर पूरे भारत में चालीस लाख रुपये तक के कारोबार वस्तु और सेवाकर के दायरे में नहीं आयेंगे पहले यह सीमा बीस लाख रुपये थी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह सीमा दस लाख़ रुपये से बढ़ाकर बीस लाख़ रुपये कर दी गई है आज नई दिल्ली में परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कम्पोजिट योजना के अंतर्गत व्ह्होटे व्यापारियों को मूल्य संवर्धन की जगह कारोबार के आधार पर मामूली टैक्स देना होगा और कारोबार की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ कर दी गई है श्री जेटली ने कहा कि दोनों फैसलों से सूक्ष्म लघु और मझोले कारोबार को फायदा होगा यह फैसला इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगा उन्होंने कहा कि कम्पोजिट योजना के अंतर्गत आने वाले अब प्रत्येक तिमाही में कर का भुगतान करेंगे लेकिन रिर्टन साल में केवल एक ही बार दाखिल करना होगा श्री जेटली ने कहा कि भवन निर्माण पर वस्तु सेवाकर की दर पर विचार करने के लिए समिति गठित की गई है

राज्यसभा ने कल रात इसे पास किया लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इस विधेयक में सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है राज्यसभा में मत विभाजन के दौरान एक सौ पैसठ सदस्यों ने इसके पक्ष में और सात सदस्यों ने विरोध में मतदान किया केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक के तहत राज्यों को लाभार्थियों के लिए आय के बारे में फैसला करने की छूट होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण विधेयक पारित होने को सामाजिक न्याय की जीत बताया है

योमगो नदी महोत्सव आगामी एक फरवरी से शुरु होगा इस तीन दिवसीय महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के लिए वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त स्वेतिका सचान ने संबंधित अधिकारियों और स्थानीय संगठनो के साथ एक बैठक की केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अधीन रेशम बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश टेक्सटाईल और हथकरघा विभाग के साथ मिलकर ईस्ट सियांग जिले के सिले सेरिकल्वर फॉर्म ने कल एक दिवसीय रेशम कृषि मेला और प्रदर्शनी लगाया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार